उन्होंने कहा कि किसी भी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई को आयोग पूरी गंभीरता से लेगा श्री रावत चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के बाद कल जयपुर में मीडिया को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य में स्वतंत्र निष्पक्ष शांतिपूर्ण और समावेशी चुनाव सम्पन्न कराने के लिए व्यापक प्रबंध किये जायेंगे उन्होंने बताया कि आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव कार्यक्रम के संबंध में दिये गये सुझावो को नोट कर लिया हैं श्री रावत ने बताया कि मतदाता सूचियों में सुधार के लिए चुनाव आयोग कार्य कर रहा है जहां कहीं फर्जी नामों की शिकायत मिलेगी उनका भौतिक सत्यापन करने के बाद नाम केवल उचित प्रक्रिया के अनुसार ही काटे जा सकेंगे

राज्य सरकार ने राजस्थान किकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी भंग कर दी है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ सी पी जोशी की अध्यक्षता वाली आरसीए को भंग कर तदर्थ समिति गठित कर दी गई है समिति संयोजक विनोद सहारण को बनाया गया है समिति को तीन महीने में आरसीए के चुनाव कराने होंगे केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा दावों को निपटाने में देरी करने वाले राज्यों और बीमा कंपनियों पर जुर्माना लगाने के प्रस्ताव को शामिल किया है

नए दिशा निर्देश अगले महीने की पहली तारीख से शुरू होने वाले रबी मौसम से लागू हो जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में महात्मा गांधी की डेढ़ सौंवीं जयंती के सिलसिले में प्रतीक चिन्ह और वेब पोर्टल का शुभारंभ किया यह प्रतीक चिन्ह भारतीय रेलवे एयर इंडिया के विमानों राज्य सरकारों की बसों सरकारी वेबसाइटों और सरकारी विज्ञापनों के अलावा सार्वजनिक उपक्रमों में लगाया जाएगा मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कल जयपुर से वीडियो कांफ़ेंस के जरिये झालावाड जिले में करीब एक हजार पांच सौ करोड़ रूपये के विकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समान विचार समान विकास ही प्रदेश की तरक्की का आधार है और वर्तमान राज्य सरकार इसी भावना के आधार पर प्रदेश के सभी जिलों में विकास कार्य करवा रही है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि देश के करीब साढे छह लाख स्कूलों ने स्वच्छ विद्यालय प्रतियोगिता में भाग लिया जो इस बात का सब्रूत है कि देश में स्वच्छता एक जन आंदोलन बन गया है

श्री जावडेकर ने कहा कि स्वच्छता अभियान से लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है और स्कूलों में स्वच्छता से डायरिया जैसे रोगों में काफी कमी आयी है बाबा रामदेव जयंती और तेजा दशमी आज प्रदेशभर में परम्परागत रूप से मनाई जा रही है इस अवसर पर विभिन्न आयोजन हो रहे है राज्यपाल कल्याण सिंह मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे और विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और श्भकामनाएं दी हैं उन्होंने अपने संदेश में कहा कि लोकदेवता बाबा रामदेवजी और वीर तेजाजी जन जन के आराध्य और प्रेरणा स्रोत हैं इन लोकदेवताओं का जीवन वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा प्रदेश में अवैध हथियारों की तस्करी और आपूर्ति करने वाले सरगना को राज्य के आतंकवादी निरोधक दस्ते एटीएस ने मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया हैं एटीएस के अतिरिक्त महानिदेशक उमेश मिश्रा ने आज बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया उससे पूछताछ की जा रही हैं